पूर्वोत्तर राज्यो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर चीन के विदेश मंत्रालय के बयान पर कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यह बात कही उन्होंने कहा कि भारतीय नेता समय समय पर अरुणाचल प्रदेश का दौरा करते है जैसा कि वे भारत के अन्य भागों का दौरा करते है श्री रवीश कुमार ने कहा कि चीन को भारत के इस स्थायी रुख से कई अवसरों पर अवगत करा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए और अधिक समन्वित प्रयास किये जाने का आह्वान किया है इथियोपिया के अदीस अबाबा में अफ्रीकी यूनियन के दो दिन के सम्मेलन से अलग श्री गुतेरस ने कहा कि अंतराष्ट्रीय समुदाय को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में कमी लाने और इसके लिये धन जुटाने के वास्ते और अधिक राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरुरत है उन्होंने कहा कि हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष में पिछड़ रहे है और यह अफ्रीका और विश्व के लिये आपदा साबित हो सकता है उन्होंने यह भी कहा कि अफ्रीका में इसका अधिक प्रभाव हो सकता है क्योंकि वह धरती पर ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिये योगदान नही कर रहा सीमा स ड़क संगठन ने राज्य में चल रहै मैगो चूना और यारलूंग लामंग सड़को के निर्माण कार्य को तेज कर दिया है सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कल ईटानगर में एक बैठक के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू को इसकी जानकारी दी निर्माण की गति पर संतोष व्यक्त करते हुए श्री किरेन रिजिजू ने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुने बजट का उपयोग करने पर संगठन को श्रेय दिया और आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण में धन की कमी कभी नही होगी उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्य की गति जारी रहनी चाहिए राज्य में एक साथ चुनाव के मद्दे नजर वेस्ट सियांग जिले के छह सौ से अधिक मतदान कर्मियो को चुनाव प्रशिक्षण का पहला दौर कल को ऑलो क्लब में आयोजित किया गया ई आर ओ वेस्ट सियांग श्री सी चूखु ने कहा चुनाव आयोग ने सरकारी अधिकारियो की सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है और चुनाव ड्यूटी लगाए गए अधिकारियो से निष्ठा के साथ कार्य करने को कहा है उन्होंने ईवीएम और वीवीपेट पर विज़ुअल शो भी प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज वसंत पंचमी पर कुँभ का तीसरा और अंतिम शाही स्नान चल रहा है विभिन्न अखाड़ो के साधु संत और अन्य श्रद्धालु गंगा यमुना और सरस्वती के पावन संगम में स्नान कर रहै हैं स्नान पर्व के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए है प्रयागराज मेला प्राधिकरण को वसंत पंचमी पर लगभग दो करोड़ श्रद्धालुओ के स्नान करने की आशा व्यक्त की है आठ किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में चालीस स्नान घाट बनाए गए है वसंत पंचमी के बाद कुंभ के दो मुख्य स्नान पर्व होंगे इस महीने की उन्नीस तारीख को माघी पूर्णिमा पर और अगले महीने की चार तारीख को महाशिवरात्रि पर चार मार्च को ही कुंभ मेले का समापन होगा प्रयागजार कुंभ मेले की शुरुआत पिछले महीने की पंद्रह तारीख को हुई थी अब तक तेरह करोड़ से अधिक श्रद्धालुओ ने कुंभ स्नान किया है पाप्रम पारे जिले के काकोई गांव में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के सामाजिक कार्य विभाग द्वारा आयोजित पांच दिवसीय ग्रामीण शिविर स्वच्छ भारत सुन्दर भारत कल समापन हो गया स्वास्थ्य स्वच्छता और शिक्षा जैसे जरुरतों और मुद्दो के आधार पर शिविर के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से बर्लिन अंतराष्ट्रीय फिल्मोत्सव दो हजार उन्नीस में भाग ले रहा है विश्व मंच पर भारतीय सिनेमा को दर्शनि और मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र में नये कारोबार अवसरो की सुविधा के लिए बर्लिनेल में भारतीय पवेलियन बनाया गया है भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने फिल्म निर्माण में सहयोग के बारे में कई अंतराष्ट्रीय निर्माताओ से बातचीत की है